मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिये निर्देश मनोदर्पण पहल मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मनोदर्पण पहल की वर्च्अल रूप से श्रूआत की है इस पहल से विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता मिलेगी इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनोदर्पण इस मुश्किल समय में विद्यार्थियों शिक्षकों और परिवारों को मजबूती सहायता और सुझाव देगा

खण्डपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि स्वामी अपनी जनहित याचिका में एक्ट की संवैधानिकता को लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए

म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है एक प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं श्रद्वालुओं की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से बोर्ड का गठन किया गया है उन्होंने कहा कि तीर्थ प्रोहित और पण्डा समाज के लोगों के हक हकूक और हितों को स्रक्षित रखा गया है उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है

अपने पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है केन्द्र सरकार ने इस बारे में तात्कालिक और मध्यम अवधि के उपायों संबंधी रणनीति तय की है तात्कालिक उपायों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य और केन्द्र सरकार के अन्संधान और शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध आर टी पीसीआर मशीनों को जिला अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराया जाए

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि जिला अस्पतालों को कम से कम एक आरटीपीसीआर मशीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए

पर्यटन सचिव टिहरी राज्य में पर्यटन की गतिविधियां गाइडलाइनके अन्सार श्रू कर दी गई है स्रक्षा के साथ सीमित पर्यटकों को अन्मति दी जा रही है नई टिहरी पहंचे पर्यटन सचिव ने कहा कि टिहरी झील में फिर से पर्यटन गतिविधियां संचालित की जाएंगी झील में बोटिंग संचालन के लिये बोट मालिकों की एक साल की रिन्यूअल फीस माफ की गई है

उन्होंने कहा कि पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए चरणबद्व तरीके से काम किया जा रहा है

भारत तिब्बत सीमा पुलिस और आपदा प्रबंधन बल के नेतृत्व में राहत व बचाव अभियान जारी है पांच शवों में से तीन की पहचान कर ली गयी है जिलाधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे और एसपी प्रीति प्रियदर्शिनी आपदाग्रस्त स्थल पर डटे हए हैं आपको बता दें कि बंगापानी तहसील के टांगा मुनियाली गांव में रविवार रात को भारी बारिश के चलते एक पहाड़ी टूटकर गांव के ऊपर गिर गयी थी इस हादसे में तीन मकान जमींदोज हो गये थे

वे तभी से लापता थे राज्य आपदा प्रबंधन बल प्लिस राजस्व विभाग की टीम और ग्रामीणों की मदद से सोमवार को मौके पर राहत और बचाव कार्य चलाया गया आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल और भारत तिब्बत सीमा प्लिस के जवानों को भी मौके पर भेजा गया है दीवाह ढही हरिद्वार में देर रात तेज बारिश के कारण हरकी पैड़ी के किनारे पर बनी दीवार ढह गई दीवार ढहने से सारा मलबा हरकी पैड़ी पर भर गया है इससे यहां आवागमन में काफी परेशानी हो रही है आमतौर पर हर की पैड़ी पर इन दिनों भारी भीड़ रहती है

इस कारण इस घटना में जानमाल का न्कसान नहीं हुआ मौसम प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहा राजधानी देहरादून में आज स्बह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है बागेश्वर अल्मोड़ा नैनीताल चमोली उत्तरकाशी पौड़ी समेत अधिकांश जिलों में तेज बारिश हुई कोटदवार द्गड्डा के बीच मेरठ पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश से बरसाती नाला और मलबा आने से एक कार बह गई कार में सवार दो लोगों के लापता होने और एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है घटनास्थल पर एस डीआरएफराहत कार्य में ज्टी है राष्ट्रीय राजमार्ग को भी खोलने की कोशिश की जा रही है मौसम विभाग ने कल देहरादून उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली पिथौरागढ़ बागेश्वर हरिद्वार टिहरी पौड़ी और नैनीताल जिलों में भारी से बहत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है

किसी भी समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार की ओर से पुरा सहयोग दिया जाएगा देहरादून में रेल विकास निगम लिमिटिड के अधिकारियों से निर्माण कार्यों में प्रगति की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों में गुणवत्ता गति और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाय उन्होंने कहा कि इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद उत्तराखण्ड की जनता और राज्य में आने वाले श्रद्वाल्ओं और पर्यटकों को काफी स्विधा होगी म्ख्यमंत्री ने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर एक ग्रलाब की वाटिका विकसित करने के निर्देश भी दिये उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेललाइन निर्माण के कार्यो की प्रगति की जानकारी ली

ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन और एक सुरंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि पांच में निर्माण कार्य प्रगति पर है इस मौके पर रेल विकास निगम लिमिटिड ने डोईवाला उत्तरकाशी बड़कोड़ रेलवे लाइन पर भी प्रस्तुतीकरण दिया गया बैठक में जानकारी दी गई की इस रेल लाइन का सर्वे किया जा चुका है

महाराज और शेखावत उत्तराखंड के सिंचाई पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से भैंट की उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश के लिए स्वीकृत सिंचाई योजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत करने का अन्रोध किया इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम की योजनाओं के लिए भी धनराशि प्रदान करने का आग्रह किया है पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री ने केंद्रीय जल मंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखण्ड गंगा और यम्ना का उद्गम स्थल है इसके अधिकांश भू भाग की प्रकृति पर्वतीय है और इसे हर साल विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ता है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से बाढ़ स्रक्षा और प्रबंधन कार्य कराने का प्रयास करती है लालजी टंडन निधन मध्य प्रदेश के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता लालजी टण्डन का आज निधन हो गया राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उनके निधन पर शोक जताया है